राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा नई शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार

कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आई आई एस एफ दो हजार बीस का वर्चुअल माध्यम से श्मारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी कार्य किए हैं और देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की समृद्व विरासत है इस दिशा में सरकार के प्रयासों से दुनिया का भरोसा भारत में बढा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी चुनौती से निपटने और अनुसंधान का वातावरण सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को भारत और भारत की प्रतिभा में निवेश के लिए आमंत्रित किया श्री मोदी ने कहा कि सरकार निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास करेगी श्री मोदी ने कहा कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढावा देने के लिए नई शिक्षा नीति लायी गई है आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्वर्ड रिफॉर्म किए जा रहे है ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वारी को बढ़ावा मिले तीन दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर का फोकस भी बदल गया है पहले आउटलेज पर फोकस था अब आउटकम्स पर है पहले टेस्टवक की पढ़ाई पर फोकस था अब रिसर्च और ऐप्लीकेशन पर है नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीवर्स का एक पूल देश में तैयार हा सके ये ऐप्रोच हमारे नये और उमरते साइंसटिस्ट को भी मदद करेगी एन्करेज करेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए अटल इन्क्यूबेशन सेंटर और अटल नवाचार मिशन की सहायता भी ली जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए सरकार पी एम रिसर्च फेलोशिप उपलब्ध करा रही है श्री मोदी ने कहा कि अनेक वैज्ञानिकों के साथ चर्चा से यह निष्कर्ष निकला है कि विश्वास और सहयोग पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है उन्होंने कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी तब तक अध्री है जब तक उनका लाभ सब लोगों तक न पहुंचे श्री मोदी ने कहा कि इस दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया से तकनीक गांव गांव और गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा हैं

आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्ट फोन आधारित रेप से जुड़ चुकी है आज भारत ग्लोबल हाइटेक पॉवर के इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है भारत अब विश्वस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य कनेक्टिविटी गरीब से गरीब तक गांव गांव तक पहुंचाने के लिए हाइटेक सोल्यूशन बनाने और बनाने के लिए तत्पर है श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अमियान में सहायता के लिए पी एम वाणी योजना शुरू की गई है इस अवसर पर केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश ऐसे रास्ते पर आगे बढ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के समी लाम मिल सकेंगे कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वर्चुअल माध्यम से उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजूट होकर काम करने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है मैं एएमयू के विशाल एल्यूमुनाय नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढाएं आत्मनिर्मर भारत को सफल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिलें एएमयू एल्यूमुनाय के सुझाव मिलें तो मुझे बहुत खुशी होगी श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोडने की मुस्लिम बालिकाओं की दर सरकार के प्रयासों से काफी कम हुई है

श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है श्री मोदी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने कोरोना संकट के दौरान समाज की कई प्रकार से सहायता की प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किया शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में वर्यअल माध्यम से शामिल हुए राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा बलिया के जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी का राजभवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उदघाटन करते हए राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति स्वदेशी ज्ञान और तकनीक के आधार पर नये भारत को शक्तिशाली बनाने में सहायक होगी उन्होंने बलिया के चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय की सराहना करते हए कहा कि विश्वविद्यालय ने सीमित संसाधनों के बीच कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य किये हैं राज्यपाल ने छात्र छात्राओं का आहवान करते हुए कहा कि वे अपने शोध कार्यो में परम्परागत कृषि की जगह नवाचारी कृषि को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन स्तर को बदलने की दिशा में कार्य करें उन्होंने विश्वविद्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों में क्पोषित बच्चों गर्भवती महिलाओं के लिये स्वास्थ्य शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील की इस अवसर पर चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पाण्डेय एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण भी ऑन लाइन जुड़े विश्व में कोरोना वायरस के नये स्वरूप के सामने आने के बाद प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना वायरस के नये स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है इसलिए इस दिशा में प्रभावी प्रयास जारी रहने चाहिए उन्होंने कहा कि ईसंजीवनी ऐप का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकें